राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा अभी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं संकमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सरकार हरसंभव कर रही उपाय और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले बारह घंटों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

श्री मोदी ने य्वाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है कल शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड स्थिति पर चर्चा करते हए श्री मोदी ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नये मामलों में तेजी आई है

वहीं टीकाकरण को लेकर मंत्री ने कहा कि भारत में टीका लगाने की दर काफी तेज है

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोविशिल्ड और को वैक्सिन दोनों टीके प्रभावी हैं उन्होंने लोगों से बिना किसी डर के टीका लगवाने की अपील की

उन्होंने टीका लगवाने के लिए आगे आने और टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने की अपील की

जिला प्रशासन रांची तथा गेल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से सैनिटाईजेशन किया जा रहा है इसके अलावा विभिन्न संक्रमित इलाकों और मुहल्लों में भी फायर एंड सेफ्टी टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही है धनबाद जिला प्रशासन ने टीका लगने के बाद लोगों को हो रही परेशानी के निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है

मंत्री ने आज गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों पर नजर रख रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने उन्हें वैक्सीन की कमी दूर करने का भरोसा दिया है

उपायुक्त ने सिविल सर्जन से सरकारी पोर्टल पर कोरोना संबंधित डाटा को अपलोड करने की जानकारी ली उपायुक्त ने सिविल सर्जन से प्रतिदिन जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे संक्रमितों की संख्या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग जांच और इलाज की जानकारी ली श्री सिंह ने कांटेक्ट ट्रेसिंग में आए सभी व्यक्तियों की जांच के लिए सभी प्रखंडों में टीम का गठन करने को कहा उन्होंने कहा कि कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे जिन संक्रमित व्यक्तियों द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है उन्हें त्वरित सरकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर में भेजा जाये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि देश में रेलगाड़ियों को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार से रेलगाडियों को रोकने या कम करने का कोई भी अनुरोध रेल मंत्रालय को प्राप्त नहीं हआ है उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए रेलगाडियों की कमी नहीं है उन्होंने कहा कि रेलवे इस स्थिति में नहीं है कि अपने यात्रियों से कोविड निगेटिव होने का प्रमाण पत्र मांगे

वहीं जैस्मिन के पदाधिकारी राजेंद्र किशोर ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण दिलाया गया है ताकि बेहतर उत्पादन पा सकें बोकारो जिले के अनुसूचित जाति के यूवा यूवतियों को मुख्यमंत्री लघ् एवं कृटीर उद्यम विकास बोर्ड के द्वारा बांस और हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण दिया गया

मौके पर कमाण्डेंट के नेतृत्व में सभी जवानों ने बल की सुनहरी परम्परा को बनाए रखते हुए किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण आतंकवाद और हिंसा का डटकर मुकाबला करने का संकल्प लिया

यह टीम किसी भी नक्सली आपराधिक हमले या गतिविधि पर कार्रवाई करेगी

सभी को सीआरपीएफ के द्वारा प्रशिक्षित किया गया है इस टीम के कमांडर आइपीएस अधिकारी के विजय शंकर हैं पुलिस अधीक्षक ने कहा पूर्व में किसी घटना के बाद टीम के अभाव में कार्रवाई करने में परेशानी आती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा

उन्हें किसी तरह की अन्य डयूटी नहीं लगायी जाएगी उन्होंने जवानों के बीच किट का भी वितरण किया मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले बारह घंटों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है आज दोपहर बाद राजधानी रांची और इसके आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ ब्रंदाबांदी भी हई इधर रामगढ़ हजारीबाग बोकारो चतरा गढ़वा पलामू समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने येल्लो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है

संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर रेस्क्यू की गई झारखण्ड की नाबालिग बच्ची की सक्शल वापसी और प्नर्वास के लिए संबंधित विभाग के साथ उचित कार्रवाई कर सूचित करने को कहा है मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाल का आभार व्यक्त किया है

अदालत स्वास्थ्य सचिव को मौजूदा स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि सिविल सर्जन की लापरवाही से लोगों की जान जा सकती है कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर सिविल सर्जन से विस्तृत शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा है